इस दौरान वे सैन्य अधिकारियों से भी मंत्रणा करेंगे

प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा के आने की भी उम्मीद है समर्थन मल्य केन्द्र सरकार ने अनिवार्य रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है यह निर्णय कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में बताया कि गेहूं चना मसूर सरसों ज्वार और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पचास से तीन सौ रुपये तक की वृद्धि की गयी है

कृषिमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों की संस्तुतियों के अनुरूप है कृषि मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की नामित एजेंसियां किसानों को मूल्यू समर्थन देना जारी रखेंगी वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयकों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अटल टनल उद्घाटन और पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा के निधन की खबर को प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर की सुर्खी है अटल टनल का उद्घाटन करने तीन अक्तूबर को हिमाचल आएंगे पीएम तैयारियों का जायजा लेने कल केलंग जाएंगे मुख्यमंत्री हिमाचल दस्तक का शीर्षक है रोहतांग टनल का उद्घाटन तीन को आपका फैसला के शब्द हैं प्रधानमंत्री तीन अक्तूबर को करेंगे अटल सुरंग का उद्घाटन अमर उजाला के मुताबिक टनल लोकार्पण के बाद केलांग में रात बिता सकते हैं पीएम मोदी श्यामा शर्मा के निधन को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा का पंचकूला में निधन

दिव्य हिमाचल ने लिखा है पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा समेत नौ शिकार आपका फैसला के मुताबिक पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा का निधन कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिये दावेदारी पेश करेगी सरकार

इसी अखबार की एक अन्य खबर है छह माह बाद खुले स्कूल न घंटी बजी न प्रार्थना सभा हुई कीर्ति चक्र लौटाने की खबर को भी अधिकांश समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर जगह दी है अमर उजाला का शीर्षक है कीर्ति चक्र लौटाने राजभवन पहुंचे शहीद के नाराज परिजन सीएम जयराम के आश्वासन पर घर लौटा कांगड़ा का परिवार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं शहीद बेटे का कीर्ति चक्र लौटाने पहुंची माँ हिमाचल दस्तक की एक खबर है टीजीटी शास्त्री भर्ती को चुनौती देने वाला केस रद्द